पांच अक्टूबर तक पर्चे किये जायेंगे दाखिल

कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे और राज्य में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर लगभग बानवे प्रतिशत हुई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की उनहत्तरवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान धन बल का दुरूपयोग रोकने के लिये पूरे प्रदेश में सर्विसलांस टीम का गठन किया है ये टीम किसी भी इलाके में किसी प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधियों की ओर से मतदाताओं के बीच धन बांटने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करेगी इस संबंध में आम जनता द्वारा सूचना देने के लिये टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच छह दो एक तीन जारी किया गया है इस निःशुल्क टोल फ्री नम्बर पर अवैध और कालेधन से संबंधित सूचना आयकर विभाग को दी जा सकती है वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों के संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग और अति संवदेनशील मतदान केंद्रों के निर्धारण की कार्रवाई की जा रही है इधर प्रदेश में विधानसभा चूनाव शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के निर्वाचन की निगरानी के लिये दस हजार से अधिक बूथों का लाइव प्रसारण किया जायेगा इसके अलावा मतगणना के दौरान विधानसभा के तीन हजार सात सौ अठासी टेबल का भी लाइव टेलीकास्ट किया जायेगा चुनाव आयोग ने इस प्रसारण की जिम्मेवारी नेशलन इन्फोर्मेटिक सेंटर को दी है चूनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की आठ सीटों के लिए भी चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है पटना दरभंगा तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना दरभंगा तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चूनाव होना है इन सीटों के लिए बाईस अक्टूबर को वोट डाले जायेंगे जबकि बारह नवम्बर को मतगणना होगी चुनाव की अधिसूचना कल जारी होगी वहीं पांच अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे जबकि छह अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी आठ अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं ये सीटें नीरज कुमार दिलीप कुमार चौधरी देवेश चंद्र ठाकुर डॉ एन के यादव नवल किशोर यादव मदन मोहन झा संजय सिंह और केदार नाथ पाण्डेय के कार्यकाल की समाप्ति के बाद खाली हुई हैं प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पटना से सटे नौ जिलों की सीमा पर एक सौ चालीस चेकपोस्ट बनाये गये हैं पटना प्रलिस की ओर से जिले में चौरासी फ्लाइंग क्वायड का गठन किया गया है हर स्क्वायड टीम में एक मजिस्ट्रेट के साथ एक प्रलिस अधिकारी और चार जवान शामिल होंगे पटना के सीमावर्ती जिलों बेगूसराय लखीसराय नालंदा जहानाबाद अरवल औरंगाबाद भोजपुर सारण और वैशली में अस्थायी चेकपोस्ट बनाये गये हैं आईजी रेंज संजय सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दरमियान गंगा समेत सभी नदियों के जलमार्ग पर भी पेट्रोलिंग की जायेगी विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहित उल्लंघन के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत सात नामजद और सौ अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है इन सभी पर बिना अनुमति के पटना हवाई अड्डे के बाहरी परिसर में भीड़ जुटाने जुलूस निकालने नारेबाजी करने धारा एक सौ चौवालीस और कोविड उन्नीस को लेकर जारी निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के अलावे सांसद अखिलेश सिंह कांग्रेस स्क्रीनिंग कमिटी के अध्यक्ष अविनाश पाण्डेय बिहार प्रभारी अजय कपूर पार्टी सचिव देवेन्द्र यादव मोहम्मद निजामुद्दीन और दीपक नेगी को भी नामजद किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सामान्य मोटर वाहन नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है अधिसूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के जरिए वाहनों के कागजात के रखरखाव की व्यवस्था लागू करने के लिए जारी की गई है अधिसूचना पहली अक्टूबर से प्रभावी होगी इसके अंतर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अवैध ठहराए गए या रद्द किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का ब्योरा पोर्टल पर उपलब्ध होगा ऐसा रिकार्ड नियमित आधार पर पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा इस तरह रिकार्ड का रखरखाव इलेक्ट्रानिक रूप से हो सकेगा और वाहन चालक के व्यवहार की निगरानी रखी जा सकेगी मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रानिक के साथ व्यक्तिगत रूप से प्रमाणपत्र जमा कराने और प्राप्त करने ऐसे कागजात की वैधता और इन्हें जारी करने तथा निरीक्षण करने की मुहर और अधिकारी की पहचान भी दर्ज की जाएगी यह व्यवस्था की गई है कि यदि इलेक्ट्रानिक माध्यम से कागजात का विवरण वैध पाया गया तो निरीक्षण के लिए ऐसे दस्तावेजों को व्यक्तिगत रूप से जमा कराने की मांग नहीं की जाएगी गया से दिल्ली और कोलकाता हवाई सफर के लिये आठ अक्टूबर से उड़ान सेवा शुरू हो जायेगी गया एयरपोर्ट के निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि एयरलाइंस ने उड़ानो का शेड्यूल जारी कर दिया है कोरोना महामारी के कारण सप्ताह में तीन दिन मंगलवार गुरूवार और शनिवार को घरेलू उड़ान सेवा उपलब्ध होंगी उन्होंने बताया कि पच्चीस अक्टूबर से गया कोलकाता की फ्लाईटें शुरू होगी वहीं पच्चीस अक्टूबर से ही कोलकाता गया वाराणसी फ्लाईटें भी शुरू होंगी प्रदेश में लंबित पड़े अनुसूचित जाति जनजाति मामलों की सुनवाई के लिये नौ जिलों में एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है एक्सक्लूसिव कोर्ट दरभंगा समस्तीपुर भोजपुर नालंदा रोहतास वैशाली गोपालगंज पूर्वी चंपारण और नवादा जिले में होंगे गौरतलब है कि राज्य में नये और पुराने एससी एसटी के लंबित मामलों की संख्या लगभग चार हजार है अभी पटना सहित पांच जिलों में ये कोर्ट चल रहे हैं प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर है गंडक बागमती अधवारा समूह और महानंदा नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है वाल्मीकिनगर बराज से दो लाख इक्कीस हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है गोपालगंज के बैकुंठपुर और कुचायकोट के कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण दरभंगा समस्तीपुर सीतामढ़ी और शिवहर की कई प्रमुख सड़कों पर बाढ़ का पानी चढ़ने से आवागमन प्रभावित हुआ है

इधर शिवहर जिले में बेलवाघाट से लेकर डुब्बाघाट तक बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंधों पर तेज कटाव हो रहा है नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है कटिहार जिले में महानंदा नदी का जलस्तर आजमन नगर झौवा और कुर्सेला में लाल निशान से एक मीटर ऊपर चला गया है वहीं नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश और बराज से पानी छोड़े जाने के बाद अररिया जिले के सत्तर पंचायतों के सौ से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है बिहार में कोविड उन्नीस रोगियों के स्वस्थ होने की दर देश में सबसे अधिक हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर लगभग बानवे प्रतिशत हो गयी है अब तक एक लाख तिरसठ हजार एक सौ बत्तीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के एक हजार चार सौ संतावन नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख सतहत्तर हजार तीन सौ पचपन हो गया है सबसे अधिक दो सौ पचपन मामले पटना जिले में सामने आये हैं वहीं पूर्णिया और सहरसा से तिरासी तिरासी सुपौल से छिहत्तर मुजफ्फरपुर से चौंसठ अररिया और गोपालगंज से एकसठ एकसठ मामलों की प्रष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या तेरह हजार तीन सौ छत्तीस है वहीं इस अवधि में पांच लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर आठ सौ छियासी हो गया है पटना स्थित जयप्रभा ब्लड बैंक में कल से प्लाज्मा बैंक शुरू हो जायेगा इस ब्लड बैंक में कोरोना से स्वस्थ हुये मरीज अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं देश में नए संक्रमित लोगों की तुलना में कोविड से स्वस्थ रोगियों की संख्या लगातार सातवें दिन अधिक बनी रही स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि चौबीस राज्यों और कोन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या दैनिक संक्रमित मरीजों की संख्या से अधिक है प्रतिदिन स्वस्थ होने की उच्च दर के कारण संक्रमण से स्वस्थ लोगों की अधिकतम संख्या के साथ भारत विश्व में अग्रणी स्थान पर बना हुआ है यह केन्द्र राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा समय पर प्रभावी उपायों के कारण संभव हुआ है देशभर में जांच सुविधा बढ़ाने के जरिए संक्रमित लोगों की जल्दी पहचान तत्काल निगरानी और उपचार से उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये लोगों से सही तरीके से मास्क पहनने की अपील की है साउंड बाईट ये मास्क नाक और मुंह दोनों को ढ़के रखना अति आवश्यक है अगर हम कई दफा ये देखते है कि मास्क आधा अधूरा रह जाता है या तो मास्क से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोडी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क ये गलत तरीका है और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें अगर वो कपड़े का है तो उसे धोकर सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करें और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह का आज नई दिल्ली में निधन हो गया

छह वर्ष पहले सिर में गहरी चोट लगने के बाद उन्हें दिल्ली में सेना के आर आर अस्पताल में भर्ती कराया गया था वे तभी से कोमा में थे जसवंत सिंह राजस्थान के कद्दावर नेता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुये कहा है कि वे राजनीति और समाज को लेकर अपने अलग तरह के नजरिए के लिये हमेशा याद किए जायेंगे उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है देश की तेईस आईआईटी की ग्यारह हजार से अधिक सीटों के लिये आज जेईई एडवांस की परीक्षा आयोजित की जा रही है परीक्षा को लेकर छात्रों को बड़े बटन वाला कोई कपड़ा आभूषण पेंडेंट और ताबीज नहीं पहनने का निर्देश दिया गया है सभी केंद्रों पर शरीरिक दूरी के साथ परीक्षार्थियों को मास्क पहनने का आदेश दिया गया है पटना सहित प्रदेश के ग्यारह जिलों में ये परीक्षा आयोजित की जायेगी बिहार राज्य कबड्डी एसोसिएशन के तत्वावधान में कबड्डी तकनीकी पदाधिकारियों की परीक्षा तीन अक्टूबर से आठ अक्टूबर के बीच होगी एसोसिएशन के सचिव कुमार विजय ने बताया कि ये परीक्षा पटना सहित राज्य के सात जिलों में आयोजित की जायेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कमिटी की खबर को हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है राष्ट्रीय कमिटी में बिहार के चार नेताओं को प्रवक्ता बनाया गया राधामोहन उपाध्यक्ष रूढ़ी शाहनवाज और संजय प्रवक्ता दैनिक जागरण की सुर्खी है संयुक्त राष्ट्र के पचहत्तरवें सलाना अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार अभिभाषण

पांच अक्टूबर तक पर्चे किये जायेंगे दाखिल

कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे और राज्य में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर लगभग बानवे प्रतिशत हुई